सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाया जाएगा

उप राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल मुख्य सचिव विनीत चौधरी की अध्यक्षता में शिमला में एक बैठक आयोजित हुई मुख्य सचिव ने अधिकारियों को उप राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्वागत प्रोटोकॉल व सुरक्षा इत्यादि तैयारियों के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए कम्पनी सिरमौर जिले के माजरा क्षेत्र स्थित इंडियन टैक्नोमैन लिमिटेड के खिलाफ आबकारी व कराधान विभाग ने आपराधिक मामला दर्ज किया है

नगर परिषद सोलन नगर परिषद में पिछले कुछ महीनों से स्थाई कार्यकारी अधिकारी न होने से लोगों को अपने कार्य करवाने में परेशानी हो रही है सोलन के तहसीलदार को परिषद के कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया मगर इससे दोनों कार्यालयों में कामकाज सुचारू होने में दिक्कत हो रही है लोगों ने नगर परिषद के लिए स्थाई अधिकारी लगाने की मांग की है नियुक्ति कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने गोपाल शर्मा को शिमला ग्रामीण का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सिराज के जंजैहली में एसडीएम कार्यालय का विवाद सुलझने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल ने खबर दी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास इसी साल धर्मशाला देहरा में होंगे दो कैंपस वहीं पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री के हवाले से सुर्खी दी है इसी साल होगा सीयू का शिलान्यास अमर उजाला के मुताबिक देहरा धर्मशाला दोनों जगह होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस हिमाचल के सबसे बड़े टैक्स चोरी मामले में एफआईआर शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है आबकारी एवं कराधान विभाग ने इंडियन टेक्नोमेक पर कसा शिकंजा

दैनिक न्याय सेतु ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है दो महीने में ही इतनी परेशानी हो जाएगी मुझा मालुम नहीं था

इसी समाचार पत्र के अनुसार देश के पहले मशरूम सेंटर को निगल जाएगा फोरलेन दैनिक सवेरा टाइम्स ने सांसद शांता कुमार के हवाले से लिखा है राजनीतिक शहर में कंगाल हो रहा देश जबकि दैनिक जागरण के शब्द हैं शांता का सवाल किसकी मदद से भागा नीरव ट्रांसफर एक्ट पर अब जनता से मांगे सुझाव शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दे सकेंगे नए आइडियाज शीर्षक से खबर को हिमाचल दस्तक ने प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर लिखता है प्रदेश में डिफॉल्टर कैशर मालिक के रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेंगे कैशर दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है युवा साइंस कांग्रेस में भाग लेंगे उपराष्ट्रपति एक नजर संपादकीय पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों में त्रुटियों को गंभीर चूक बताते हुए दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई करने की सलाह दी है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय सिने पर्यटन समझने में चुक में लिखा है कि हिमाचल बेहतरीन फिल्म शूटिंग की विविघता समेटे हुए है मगर विडंबना यह है कि मौजूदा बजटीय प्रावधानों में इस दिशा में कोई योजना दिखाई नहीं देती आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है कि मुख्यमंत्री और सिराज संघर्ष समिति के बीच वार्ता सफल होने से सिराज के लोगों और सरकार दोनों ने राहत की सांस ली है शीर्षक है जंजैहली मसले में सबकी जय जय